खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन सोलह अगस्त से इकतीस अक्टूबर तक किया जाएगा

विस सूखा स्थिति आज विधानसभा में प्रदेश में अवर्षा की स्थिति और सूखे की आशंका का मुद्दा गूंजा शून्यकाल में भाजपा सदस्य ब्रजमोहन अग्रवाल और अन्य विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से जानना चाहा कि सूखे से उत्पन्न हालात से निपटने के लिए क्या कार्ययोजना बनाई गई है अपने बयान में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि खाद बीजों के पर्याप्त भंडारण के साथ ही आकस्मिक परिस्थितियों में किसानों को शीघ्र और मध्यम अवधि में पकने वाली फसल किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलेवार कार्ययोजना पहले से ही तैयार कर ली है लेकिन भाजपा सदस्य मंत्री के जवाब से संतृष्ट नहीं हए और सदन से बहिर्गमन कर दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कल प्रस्तुत किए गए करीब चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट पर आज विधानसभा में चर्चा हो रही है चर्चा में भाग लेते हुए सत्तापक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए चालू वित्तीय वर्ष में यह सरकार का पहला अनुपूरक बजट है आज राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का अंतिम दिन है श्रोताओं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तुत समीक्षा आकाशवाणी रायपूर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे

राजनांदगांव के नव निर्वाचित सांसद संतोष पांडेय ने यह मांग उठाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा दिया था छत्तीसगढ़ी एक बहुत ही सरल और मधुर भाषा होने के साथ साथ हिन्दी भाषा का भी एक अंग है जिसे प्रदेश के लगभग तिरासी प्रतिशत लोग बोलते हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ के महापुरूषों पंडित सुंदरलाल शर्मा मिनीमाता और बैरिस्टर छेदीलाल श्रीवास्तव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी भी यह इच्छा थी कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिले श्री पांडेय ने लोकसभा अध्यक्ष से छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कर प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करने का निवेदन किया राज्यपाल शपथ ग्रहण छत्तीसगढ़ की नव नियुक्त राज्यपाल अनुसुईया उइके उनतीस जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी शपथ ग्रहण समारोह राजभवन के दरबार हाल में शाम चार बजे होगा राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने आज विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक निर्देश दिए धान मक्का पंजीयन प्रदेश में इस वर्ष खरीफ मौसम में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन आगामी सोलह अगस्त से इकतीस अक्टूबर तक किया जाएगा पंजीयन कराने के लिए किसानों को भूमि के रकबे बोये गए धान के रकबे आधार नम्बर बैंक खाता ऋण पुस्तिका मोबाइल नम्बर आदि की जानकारी दर्ज करानी होगी पंजीयन की बाकी व्यवस्था पिछले साल की तरह ही होगी धान और मक्का खरीदी की राशि का भुगतान किसानों के खातों में किया जाएगा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और अन्य मंत्रियों की मौजूदगी में मंत्रिमंडलीय उप समिति की कल रायपुर में बैठक हुई

इस मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा पोषण सेहत सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर भी जोर दिया जाएगा इसे लेकर रायपुर में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई इसमें केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय यूनिसेफ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया वर्तमान में प्रदेश के छह जिलों के नौ विकासखंडों में समृद्ध बिहान के रूप में आजीविका संवर्धन के साथ ही खाद्य सुरक्षा पोषण सेहत सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता पर काम किया जा रहा है इनमें बस्तर कांकेर कोंडागांव दंतेवाड़ा नारायणपुर और राजनांदगांव जिले शामिल हैं खुबचंद बघेल मंगल पांडे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पुरोधा डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने आज रायपुर और नरदहा गांव में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में शिरकत की नरदहा में आयोजित पुरखा के सुरता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खूबचंद बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित कर छत्तीसगढ़ के विकास में उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किसानों और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए जीवनभर संघर्ष किया उनकी सरकार डॉक्टर बघेल के सपनों के अनुरूप नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का काम कर रही है इस बीच रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में डॉक्टर बघेल के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया इस अवसर पर डॉक्टर बघेल की जीवनी और लेखनी के संबंध में एक फोटोचित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई वहीं आज अट्ठारह सौ संतावन की क्रांति के महानायक अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती भी मनाई जा रही है मुख्यमंत्री ने मंगल पांडे को उनकी जयंती पर नमन किया है भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों से पार्टी के सदस्यता अभियान को पूर्ण सफल बनाने का आह्वान करते हुए हर घर जोड़े नये सदस्य का लक्ष्य दिया है श्री उसेंडी ने पार्टी कार्यालय एकात्म परिसर में आज पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में कहा कि सदस्यता अभियान पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें अपनी पार्टी से जोड़ने का सुनहरा अवसर है बैठक को मोर्चा प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी रामप्रताप सिंह और प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री पवन साय ने भी संबोधित किया कांग्रेस प्रदर्शन केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के मिट्टी तेल के कोटे में कटौती पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि महंगाई और धान के समर्थन मूल्य जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस कल रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी इस प्रदर्शन में पार्टी के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी विधायक ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता शामिल होंगे

पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि गश्त के दौरान इन माओवादियों को किरंदुल थाना क्षेत्र के हिरोली के जंगल से पकड़ा गया इसी जिले में सुरक्षा बलों ने पूरनतरई गांव के पास मुख्य सड़क पर दस किलो का आईईडी बरामद किया है संक्षिप्त समाचार भारतीय रेलवे आज से पैरामेडिकल संवर्ग में भर्ती का सबसे बड़ा अभियान चलाएगी एक हजार नौ सौ तेइस पदों के लिए यह भर्ती अभियान कम्प्यूटर आधारित होगा और तीन दिन तक चलेगा भारतीय रेल का यह पहला ऐसा भर्ती अभियान है जिसमें योग्य उम्मीदवारों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रंगकर्मी देवीलाल नाग के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है राजनांदगांव निवासी देवीलाल नाग अविभाजित मध्यप्रदेश में तुलसी सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के टीवी बाल कलाकार शिवलेख सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल बाल कलाकार के माता पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है धरसींवा के देवरी गांव के पास कल हुए एक सड़क हादसे में शिवलेख सिंह की मौत हो गई थी सूरजपुर जिले के दातिमा स्थित एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा बच्चों को सजा दिए जाने के मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी सहित पांच लोगों को नोटिस जारी कर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है कोंडागांव जिले के फरसगांव विकासखंड के चुरेगांव कैंप में दुग्ध संग्रहण सह प्रशीतन केन्द्र की स्थापना की जाएगी